जीविका दीदी के टीकाकरण के लिए चलाया जायेगा विशेष अभियान

पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश के आसार बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इनमें से इकयठ हजार नौ सौ दो लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि अठारह हजार दो सौ तेरासी लोगों को दूसरी खूराक दी गयी है राज्य में अब तक तेरह लाख पंचानवे हजार दो सौ उन्नीस लोगों को टीके दिये जा चुके हैं इनमें से दस लाख तिरानवे हजार पांच सौ इक्यानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख एक हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगों से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम भी जारी है लोग टीके लेने के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु एप पर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन की सुविधा उपलब्ध है इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ जीविका दीदी को भी कोरोना का टीका लगाने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रयास तेज किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और होली को देखते हुये टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड की रैंडम जांच की जायेगी देश में कोविड टीकाकरण अभियान में करीब तीन करोड़ लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन के दौरान बीस लाख तिरपन हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है वर्तमान में दो लाख दो हजार से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है बीते एक दिन में चौबीस हजार आठ सौ बयासी कोविड मरीजों की पुष्टि हुई

डॉक्टर हर्षवर्धन भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि एम्स का पूरे देश में एक तंत्र स्थापित करके सभी नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ कर दो लाख इकसठ हजार बानवे हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में अट्ठाईस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी वहीं इसी अवधि में तेरह जिलों से अड़तीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक सत्रह मामले पटना से हैं नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कडाई से पालन करना जरूरी है महानिदेशालय ने कहा है कि यह देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं महानिदेशालय ने कहा है कि यदि कोई यात्री कोविड उन्नीस मानकों का पालन नहीं करता है तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्वा आंदोलन का हिस्सा हैं छात्र माई गोव की इनोवेटिव इंडिया डाट माई गव डॉट इन वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा

टीम ने छपरा में तैनात अधीक्षण अभियंता को पटना के डाकबांगला रोड स्थित कार्यायल कक्ष से गिरफ्तार किया है विभाग ने पाटलिपुत्र स्थित उसके आवास से दस लाख रूपये नकद जमीन के आठ दस्तावेज और आभूषण जब्त किया है गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया जाना चाहिए उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश की समृद्धि और सम्पन्नता की नींव गांव और पंचायतों की आर्थिक मजबूती में छूपी है श्री शेखावत ने कहा कि सरकार घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नवीनतम संसाधानों का इस्तेमाल कर रही है उन्होंने कहा कि घरों में पहुंचने वाले पानी की शुद्धता की जांच के लिए सेंसर का इस्तेमाल किया जायेगा केन्द्रीय मंत्री ने बाथरूम किचन और वर्षा के जल के संरक्षण पर भी जोर दिया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर और सारण समेत तेरह जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने विधानसभा में विभाग के बजट पर वाद विवाद में कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत सभी गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है श्री पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए अभियान चलाया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रखंडों में जन औषधि केन्द्र की सूविधा अगले साल से मिलने लगेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े आठ सौ तिरानवे पदों पर शीघ्र बहाली की जायेगी उन्होंने विधान परिषद में कहा कि पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तर्णी होने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य होंगे श्री चौधरी ने कहा कि पांच सौ से अधिक किताबों वाले पुस्ताकालयों में प्रस्तकालयाध्यक्ष के पद भी सृजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में गूणवत्ता के लिए तीन महीने का विशेष कैचअप कोर्स शुरू किया जायेगा सरकार ने कहा है कि पटना जिले के मोकामा में सड़क अनुसंधान केन्द्र बनाया जायेगा विधान परिषद में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पचास करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस केन्द्र में सड़कों से जूड़े मामलों पर अनुसंधान किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भवन बनाये जायेंगे भागलपुर पूर्वी चम्पारण और मध्यबनी समेत प्रदेश के ग्यारह जिलों में चाईल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जायेंगै भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोर्ट के लिए बीस बीस लाख रूपये का आंवटन किया गया है इन अदालतों में पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल अपराधों की सुनवाई होगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा रालोसपा के जदयू में विलय करने की घोषणा कर सकते हैं पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में उन्हें विलय के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है बैठक का आज अंतिम दिन है राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पूरवईया प्रभाव और बादलों के छाये रहने के कारण अधिकतम तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार कल पटना में अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव चार जबकि न्यूनतम तापमान छब्बीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई मौसम पूर्वानुमान में बताय गया है कि आज भी पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं पूर्व मध्य रेलवे के महा प्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने कहा कि बरसात से पहले निर्मली कोसी रेल महासेतु पर यात्री रेल सेवा शुरू कर दी जायेगी दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस महासेत् पर परिचालन शुरू होने से सुपौल और निर्मली के बीच की दूरी दो सौ बहत्तर किलोमीटर से घटकर मात्र चौवालीस किलोमीटर रह जायेगी जिससे यात्रियों को समय के साथ पैसे की भी बचत होगी इससे पहले उन्होंने ने विशेष रेलगाड़ी से पूरे रेलखंड का निरीक्षण किया गौरतलब है कि उन्नीस सौ चौंतीस में आये विनाशकारी भूकम्प के कारण निर्मली से सरायगढ़ के बीच यह रेलखंड क्षतिग्रस्त हो गया था मुजफ्फरपुर जिले के पुलिस लाइन खेल मैदान में महिला अन्तर क्लब फुटबॉल लीग आज से शुरू हो रहा है पहला मैच मोतिहारी और पटना के बीच खेला जायेगा राज्य में पहली बार महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है सिपाही भर्ती के लिए आज पटना जिले के तैंतालीस केन्द्रों पर दो पालियों में परीक्षा होगी सभी परीक्षा केन्द्रों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है परीक्षा में चौबीस हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे फर्जी फोन और एसएमएस से सावधान रहने की अपील की है कृषि विभाग ने कहा है कि इसके जरिये किसानों से पैसे की मांग की जा रही है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के दरधा महमदपुर में शराब पीते हुए मुखिया अनंत कुमार के साथ दो अन्य को व्यक्ति को गिरफ्तार किया है एसएसपी जयन्तकान्त ने बताया है कि गिरफ्तार मुखिया अनंत मुरौल प्रखंड की महमदपुर बादल पंचायत के मुखिया है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 हिन्दुस्तान ने विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के नोकझोंक को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सदन में भिड़े भाजपा राजद विधायक दैनिक जागरण ने सुपौल जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों द्वारा आत्महत्या करने की खबर का शीर्षक लगाया है नये कपड़े पहने खाना खाया फिर फंदे पर झूल गया पूरा परिवार दैनिक भास्कर ने दानापूर कैन्ट क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर उठे विवाद को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सेना ने रास्ता रोका तो अब ग्रामीणों के लिए छावनी क्षेत्र होते बनेगी अंडरग्राउंड सड़क प्रभात खबर की सुर्खी है प्रदूषण रोकने को आयेंगी पचास सीएनजी बसें राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है डाटा का दुरूपयोग रोकने के लिए होंगे पर्याप्त सेफगार्ड

जीविका दीदी के टीकाकरण के लिए चलाया जायेगा विशेष अभियान

पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश के आसार